आयोग ने कहा कि विज्ञापन प्रकाशित कराने पर पाबंदी लगी दी है आयोग ने कहा कि विज्ञापनो के पूर्व प्रमाणन की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति को राजनीतिक दलों के ऐसे विज्ञापनो के परीक्षण और पूर्व प्रमाणन के लिए सतर्क किया गया है

उन्होंने कहा कि राज्य में कानुन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुरे प्रदेश पुलिस तंत्र को कार्य में लगाया गया है श्री गर्ग ने बताया की चांगलांग और तिराप में अधिकतम पुलिस बलो को तैनात किया गया है सत्तावन विधान सभा सीटों के लिए एक सौ इक्यासी जिसमें ग्यारह महिलाए शामिल है चुनावी मैदान में उतरे है जबकि बारह उम्मीदवार दो लोक सभा सीटों के लिए चुनावी मैदान में है तीन विधान सभा सीटो में भाजपा ने निर्विरोध जीत हासिल की है

पासीघाट में शनिवार को जिला कांग्रेस समीति द्वारा आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष ताकाम संजोय सी एल पी लिडर सह पूर्व मंत्री ताकाम पारियो व चुनाव में पासीघाट ईस्ट से उतरे कांग्रेस उम्मीदवार निनोंग इरिंग और पासीघाट ईस्ट से बोसिराम सिराम ने भी इस अवसर पर लोगो को संबोधित किया

इस अवसर पर भाजपा कार्यकारी उपाध्यक्ष तामे फास्सांग ने भरोसा जताया की लोक सभा और विधान सभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे है उन्होंने कहा की भाजपा पार्टी राष्ट्र और समाज की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध है

दल ने सहयोगी अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम होराईजन दो हजार बीस और स्टार्ड अप युरोप इंडिया नेटवर्क योजना पर भी व्याख्या दी

मृतक की पहचान तेइस तालिहा तारा पायिंग के पूर्व विधायक की पत्नी के रुप में हुई है दापोरिजो जा रहे यह टाटा सुमो लोअर सुबनसिरि जिले के जोराम तोप के निकट दूर्घटनाग्रस्त हुआ

आई ए एफ ने बयान में अमरीका की एक प्रमुख समाचार पत्रिका की खबर का खण्डन किया है

इनमें एवाक्स के माध्यम से वारलेस संकेतों को बीच में सुनना सिग्नल और ग्राफिक्स चित्रो समेत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के प्रमाण शामिल है

आज का अधिकतम तापमान बाईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच दशमलव तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज कराया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार